मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के दिये निर्देश प्रदेश में कल मनाया जायेगा आदिवासी दिवस

वीवीपीएटी मशीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एक भरोसेमंद प्रौद्योगिकी है और पिछले कई वर्षों में इसमें कोई खराबी देखने को नहीं मिली नागपुर में एक व्याख्यान में श्री रावत ने कहा कि ईवीएम में गडबडी की अधिकतम दर शुन्य दशमलव पांच प्रतिशत है

श्री रावत ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई ने इन खामियों को दुरुस्त किया और वीवीपीएटी मशीनों ने हाल के चुनाव में सुचारू ढंग से काम किया सीएम विजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील और फिर विकसित बनाने के बाद अब समुद्ध राज्य बनाएंगे उन्होंने आज मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समृद्ध मध्यप्रदेश का विज़न साझा किया श्री चौहान ने विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में समुद्ध मध्यप्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये

कृषि क्षेत्र में अब उत्पादन की चुनौती लगभग खत्म हो गई है अब उत्पादन की ग्रणवत्ता खाद्य प्र संस्करण निर्यात और दोग्ना आय बढ़ाने जैसे विषयों पर ध्यान देना होगा अब दूसरे देशों को भी कृषि उपज निर्यात करने पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो

इस दौरान वे बोरियामाल टापू का भ्रमण करेंगे इसके अलावा मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यो के संबंध में पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक से चर्चा करेंगे निर्वाचन साक्षरता प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के अलावा अधिकतम वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने होशंगाबाद जिले में भी मतदाता जागरूकता रथ निकाला जा रहा है आयोग द्वारा एक वाहन में निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाया गया है जिसमें नई डिजाइन की ईव्हीएम मशीनों से मतदान की प्रकिया वीवीपैट मशीन मतदाता सूची में संशोधन नाम जुड़वाने कटवाने और चुनाव संबंधी जानकारी से मतदाताओं को जागरुक कराया जा रहा है

समाधान शहडोल जिले में भी सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर जिला स्तरीय समाधान शुरु होने से लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी आई है कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव के निर्देश के बाद अधिकारी नियमित शिकायतों की समीक्षा कर रहे हैं

जिसकी समीक्षा प्रत्येक सोमवार को की जाती है ज्यादातर मामलों में सामाधान के लिये चयनित शिकायतों का समीक्षा से पहले ही निराकरण कर दिया जाता है

यह कार्यशाला भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर स्थित राज्य आनंद संस्थान में होगी

अधिक जानकारी के लिये संस्थान की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है

इस अवसर पर आदिवासी संस्कृति पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ये कार्यक्रम जनजातीय कलाकारों और आदिवासी कला मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे इस मौके पर आदिवासी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जायेगा

बैतूल बड़वानी श्योपूर और खण्डवा जिले में भी कल के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं राकेश सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आज कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन के कारण वह कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की ही जीत होगी श्री सिंह ने उज्जैन में पत्रकारों से कहा कि श्री चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को राज्य में पूरा समर्थन मिल रहा है वे स्वयं राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं इस आधार पर वह आगामी चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं उन्होंने उम्मीद जतायी कि पार्टी विधानसभा की दो सौ तीस में से दो सौ से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी और लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी भाजपा सांसद ने कहा कि पार्टी चुनाव के दौरान मुख्य रूप से विकास को ही मुद्दा बना रही है चुनाव में उन्हीं नेताओं को टिकट दिया जाएगा जिनके जीतने की संभावना सबसे अधिक रहेगी युवा और महिलाओं को भी टिकट वितरण में पर्याप्त टिकट दिए जाने के प्रयास संगठन के रहेंगे उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चन्द्रभूषण कुमार ने आज इंदौर में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक रहने का आग्रह करते हए कहा कि वे जागरूक मतदाता बने इसके लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाये और फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र बनवाये श्री कुमार एक दिवसीय प्रवास पर यहां पहुंचे और इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं से रूबरू हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा मतदाता सुची का समय समय पर अवलोकन करते रहें वे यह देखे कि उनका नाम मतदाता सूची से कहीं हट तो नहीं गया है अगर उनका नाम नहीं है तो वे जुड़वाए मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाएं

राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने हाकर्स कार्नर का भूमि पूजन किया श्री गुप्ता ने कहा कि हाकर्स कार्नर में उन्हीं को दुकान दें जो दुकान चलायें एक भी दुकान बंद नहीं रहना चाहिए यहां शौचालय भी बनाया जाएगा मौसम राजधानी भोपाल में आज करीब एक पखवाड़े बाद हुई बारिश से मौसम एक बार फिर खुशनुमा हो गया राजधानी में कल रात से छाए बादलों के बीच बारिश का दौर शुरु हआ पिछले एक पखवाडे से बारिश नहीं होने से शहर में पिछले कई दिन से उमस और गर्मी का दौर जारी था

विभाग का कहना है कि वर्तमान में मानसून द्रोणिका का अक्ष बीकानेर चुरु झांसी उमरिया उत्तरी छतीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रिथित स्पष्ट चिन्हित कम दवाब क्षेत्र के केन्द्र से होती हुई मध्यपूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है जिसके चलते बारिश का दौर जारी रहेगा संक्षिप्त समाचार होशंगाबाद में दस अगस्त को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन जिले में मानवाधिकार प्रकरणों की सुनवाई करेंगे देवास जिले के भोरासा थाना क्षेत्र में एक कार के असंतुलित होकर पेड़ से टकरा जाने से तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी शहडोल नगर पालिका द्वारा शहर की पचपन द्वानों का बकाया कर लगभग सात करोड़ रूपये से अधिक वसूलने के लिए दुकानदारों को अंतिम अवसर दिया है रायसेन जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मददेनजर निर्वाचन तैयारियां तेज हो गई हैं

पन्ना से आज हजयात्रियों का जत्था मक्का शरीफ के लिए रवाना हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सागर जिले के किसान सोलह अगस्त तक अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं